कर्नाटक में दो विधानसभा सीटों सीरा और आर आर नगर सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है नगालैंड में विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव में एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और एक सीट पर एनडीपीपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है ओडिशा में सत्ताारूढ बीजू जनता दल उम्मीदवार दोनों विधानसभा उपचुनाव के सातवें दौर की मतगणना में आगे चल रहे हैं ग्जरात में विधानसभा की सभी आठ सीटों के उपच्नाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों के उपच्नाव की मतगणना में भाजपा छह सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए है वहीं एक सीट पर समाजवादी पाटी का उम्मीदवार आगे चल रहा है तेलंगाना में इब्बका विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ टीआरएस पार्टी से आगे चल रहा है छत्तीसगढ विधानसभा की मरवाही सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत का परचम फहराया हरियाणा विधानसभा की एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी रहा है

अंतिम परिणाम देर रात तक मिलने की संभावना है

वहीं महागठबंधन एक सौ तीन सीटों पर आगे चल रहा है

वर्तमान में पांच दशमलव नौ छह प्रतिशत सक्रिय मामले हैं

वहीं चार बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस न केवल अपना खिताब बचाने के लिये पूरा जोर लगाएगी बल्कि उसके खिलाड़ी पांचवीं बार भी ट्राफी जीतना चाहेंगे